राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कल शाम कोविड की स्थिति पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री ने संक्रमण के बढ़ते मामलों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए छोटे नियंत्रण क्षेत्र बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया उन्होंने राज्यों से युद्धस्तर पर अपने प्रयास तेज करने का आग्रह भी किया नरेन्द्र मोदी ने इस बात पर निराशा व्यक्त की कि कुछ राज्यों में लोग पिछली बार की तुलना में लापरवाह हो गए हैं और प्रशासन भी सुस्त लग रहा है प्रधानमंत्री ने राज्यों से संक्रमण जांच संक्रमितों का पता लगाने और उनका इलाज करने कोविड उपयुक्त व्यवहार व कोविड प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया उन्होंने कहा कि चाहे संक्रमण के मामले अधिक आएं लेकिन जांच अधिक से अधिक होनी चाहिए नरेन्द्र मोदी ने कहा कि हमें एक बार फिर मास्क पहनने का महत्व और कोविड सुरक्षा नियमों के पालन के बारे में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस बैठक में भाग लिया मंत्रिमंडल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित होगी

इसके अलावा कोरोना महामारी पर रोकथाम के लिए रात्रि कर्फयू लगाने पर भी बैठक में चर्चा हो सकती है महापौर आरक्षण प्रदेश सरकार ने राज्य के चार नगर निगमों में हुए चुनाव के बाद महापौर के लिए आरक्षण रोस्टर जारी कर दिया है इसके अनुसार मंडी सोलन और पालमपुर नगर निगमों में महापौर पद का चयन अनुसूचित जाति से जबकि धर्मशाला में सामान्य वर्ग से महापौर को चयनित किया जाएगा शहरी विकास विभाग की ओर से जारी रोस्टर के मुताबिक महापौर का पद अढ़ाई साल के लिए आरक्षित रहेगा

अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर चार नगर निगमों के चुनाव नतीजों पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बयान से जुड़ी खबर को आज समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है पंजाब केसरी की सुर्खी है एकतरफा नहीं यह जीत आकलन करें तो भाजपा बहुत आगे दिव्य हिमाचल के शब्द हैं चुनाव नहीं विकास को बनाए नगर निगम दैनिक जागरण लिखता है बेहतर प्रदर्शन कमियों से सबक लेंगे हिमाचल दस्तक का शीर्षक है पार्टी सिंबल पर चुनाव करवाना हिम्मत का काम

आपका फैसला ने लिखा है सोलन में हमें दस हजार से ज्यादा मत मिले कांग्रेस को नौ हजार

पंजाब केसरी लिखता है सोलन मंडी व पालमपुर नगर निगम में मेयर का पद एस सी वर्ग के लिए आरक्षित इसी समाचार पत्र ने नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के हवाले से लिखा है चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मुख्यमंत्री अपने आंकड़े ठीक करें